राष्ट्रपति के आगमन की तैयारी में राज्य सरकार सहित जिला प्रशासन जुटा हुआ है हमारी जबलपुर संवाददाता ने बताया कि महामहिम राष्ट्पति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आ रहे हैं सुरक्षा के लिए विशेष अधिकारियों और जिला पुलिस अधिकारियों का त्रि स्तरीय सुरक्षा बंदोबस्त किया जा रहा है

यह पहला मौका है जब महामहिम दो दिनों तक शहर में रुकेंगे

उन्होंने बुधवार देर शाम सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए कहा है कि प्रदेश के सभी शासकीय अस्पतालों में कोरोना के निःशुल्क टीके लगाए जा रहे हैं

इसके फलस्वरूप सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर तीन हजार के पार पहुंच गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हए भोपाल इंदौर के साथ साथ महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिये हैं

मुद्रणालय की शासकीय चल संपत्ति संभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर अन्य शासकीय कार्यालयों में हस्तांतरित की जायेगी शेष परिसंपत्तियाँ निविदा के माध्यम से विक्रय होंगी